राज्य में आदर्श आचार संहिता आज से लागू

गोपालगंज जिले के हथुआ में आज दो सौ सत्तर मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी

शिवहर में पिपराही प्रखंड में बागमती नदी का सुरक्षा तटबंध फिर टूटा बिहार में अट्ठाईस अक्तूबर से तीन चरणों में विधानसभा चुनाव होगा मतगणना दस नवम्बर को होगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने आज नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की इसके साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है मुख्य निवार्चन आयुक्त ने कहा कि पहले चरण में अट्ठाईस अक्तूबर को इकहत्तर दूसरे चरण में तीन नवंबर को चौरानवे सीटों और तीसरे चरण में सात नवंबर को अठहत्तर सीटों पर वोट डाले जाएंगे

अंतिम एक घंटा कोविड रोगियों के लिए रखा गया है

इसलिए राज्य विधानसभा के चुनाव भी नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत कराये जायेंगे

उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जनसभाओं और अन्य गतिविधियों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी के दिशा निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं उन्होंने कहा कि चुनाव के संबंध में सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा

कोविड महामारी के मद्देनजर बिहार में विशेष दिशा निर्देश के अंतर्गत चुनाव कराये जायेंगे सात करोड़ उनतीस लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे कोविड के चलते इस बार संक्रमित मतदाताओं को डाक मतपत्रों के जरिये वोट डालने की अनुमति दी गयी है क्वारेंटाइन और आईसोलेशन में रह रहे वोटर भी इसके जरिये अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे इसके अलावा अस्सी साल या उससे अधिक उम्र के मतदाताओं और दिव्यांग वोटरों को भी डाक मतपत्रों के जरिये वोट डालने की छुट रहेगी गौरतलब है कि पहले सर्विस वोटरों को ही पोस्टल बैलेट की अनुमति थी पहले चरण में सोलह जिलों के इकहत्तर सीटों पर मतदान होंगे जिनमें ज्यादातर निर्वाचन क्षेत्र नक्सल प्रभावित इलाकों में पड़ते हैं वहीं दूसरे चरण में सत्रह जिलों में चौरानवे विधानसभा क्षेत्रों में वोट डाले जायेंगे जबकि तीसरे चरण में पन्द्रह जिलों के अठहत्तर सीटों पर वोटिंग होगी पटना जिले के चौदह निर्वाचन क्षेत्रों में पहले और दूसरे चरण में वोट डाले जायेंगे अट्ठाईस अक्टूबर को पहले चरण में जिले में मोकामा बाढ़ मसौढ़ी पालीगंज और विक्रम जबकि दूसरे चरण में बख्तियारपुर दीघा बांकीपुर कुम्हरार पटना साहिब फतुहा दानापुर मनेर तथा फुलवारीशरीफ सीट पर तीन नवम्बर को वोटिंग होगी विधान सभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का भाजपा कांग्रेस जदयू राजद और अन्य सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि तीन चरणों में चुनाव कराने का निर्णय सराहनीय है उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने कोविड उन्नीस के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर जो तैयारियां की है वे संतोषजनक है श्री कुमार ने कहा कि वे अपने कार्यकाल में किये गये विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जायेंगे इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव ने कहा कि पार्टी एनडीए सरकार के काम और उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच चुनाव में जायेगी उन्होंने दावा किया कि एनडीए दो तिहाई बहुमत से फिर से सत्ता में वापसी करेगा राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि पार्टी मजबूती के साथ चुनाव के लिए तैयार है उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन चुनाव में भारी जीत हासिल करेगा बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक क्षेत्र की आठ सीटों के लिए भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है इन सीटों के लिए बाईस अक्टूबर को वोट डाले जायेंगे जबकि बारह नवम्बर को मतगणना होगी मुंगेर जिले में चुनाव पूर्व की गयी पुलिस छापेमारी में दियारा क्षेत्र से बीस देसी पिस्तौल बरामद किये गये हैं चार हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में संसद में पारित कृषि विधेयकों और श्रम कानूनों से देश के किसान और कामगारों को अनावश्यक कानूनों के जंजाल से छुटकारा मिलेगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कृषि विधेयकों और सरकार के श्रम सुधारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के बाद से सत्तारूढ ताकतों ने केवल झूठे वायदों के जरिए किसानों और कामगारों से राजनीतिक लाभ हासिल करने का प्रयास किया बाईट पीएम किसान और श्रमिक के नाम पर देश में राज्यों में अनेकों बार सरकारें बनी लेकिन उन्हें मिला क्या सिर्फ वायदों और कानूनों का एक उलझा हुआ जाल एक ऐसा जाल जिसको न तो किसान समझ पाता था और न ही मेरे श्रमिक भाई बहन समझ पाते किसानों को ऐसे कानूनों में उलझाकर रखा गया है जिसके कारण वो अपनी ही उपज को अपने मनमुताबिक बेच भी नहीं सकता था नतीजा ये हुआ कि उपज बढ़ने के बावजूद किसानों की आमदनी उतनी नहीं बढ़ी हां उनपर दिनों दिन कर्ज बढ़ता गया था श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि इन कृषि विधेयकों के पारित होने से कृषि क्षेत्र को बहुप्रतीक्षित स्वतंत्रता मिलेगी उन्होंने कहा कि अब किसान मौजूदा मंडियों के अलावा देश में कहीं भी अपनी उपज बेच सकेंगे श्री मोदी ने कहा कि नए कानूनों से प्रत्येक सौ में से पचासी किसानों को फायदा होगा प्रधानमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे देश के किसानों के पास जाएं और उन्हें इन कानूनों के फायदे समझाएं प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने ऐतिहासिक सुधार किए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की मदद के लिए किसान सम्मान निधि के तहत उनके खातों में एक लाख करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी गई है कृषि सुधार संबंधी पारित विधेयकों के विरोध में एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद का राज्य में कोई खास असर नहीं देखा गया बंद को राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस एवं वामदल समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया है मॉनसून के सक्रिय रहने के कारण प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हुई है कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गयी है सबसे अधिक दौ सौ सत्तर मिलीमीटर बारिश गोपालगंज जिले के हथुआ में रिकार्ड की गयी है गोपालगंज जिले के ही भोरे में दो सौ चालीस मिलीमीटर बारिश हुई है वहीं पश्चिमी चंपारण जिले के त्रिवेणी और वाल्मीकिनगर तथा अररिया जिले के फारबिसगंज में दो सौ तीस मिलीमीटर वर्षा हुई है पूर्वी चंपारण पश्चिम चंपारण सुपौल किशनगंज नवादा सिवान पटना मधुबनी जिले में भी कई स्थानों पर अत्याधिक भारी बारिश दर्ज की गयी है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिम चंपारण सिवान सीतामढ़ी मधुबनी दरभंगा मुजफ्फरपुर अररिया किशनगंज पूर्णिया जिले में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है मौसम वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि प्रदेश में मानसून अति सक्रिय है

गंडक बागमती महानंदा और अधवारा समूह की नदियां कई स्थानों पर लाल निशान से ऊपर चली गयी है मौसम विभाग ने आज और कल राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है बेतिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंडक और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी के कारण पश्चिम चंपारण जिले में कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है बाढ़ का पानी नरकटियागंज लौरिया रामनगर लौरिया और चनपटिया नरकटियागंज सड़क मार्ग पर चढ़ जाने से आवाजाही बाधित है इधर शिवहर जिले में बागमती नदी का दबाव तटबंधों पर बढ़ने लगा है इसके कारण पिपराही प्रखंड में बेलवा के पास सुरक्षा तटबंध फिर से टूट गया है गौरतलब है कि बारह जुलाई को बाढ़ के कारण तटबंध टूट गया था बेलवा इनरवा इलाके में शिवहर मोतिहारी मुख्य मार्ग पर पानी आ जाने से लगातार दूसरे दिन भी वाहनों का पारिचालन ठप्प है सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले से होकर गुजरने वाली बागमती झीम लालबकेया और अधवारा समूह की नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गयी है इधर अररिया से हमारे संवाददाता ने बताया कि लगातार भारी बारिश और नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण परमान बकरा नूना और कनकई नदियों का पानी कई इलाकों में फैल गया है बाढ़ के कारण जिले के कुरसाकांटा जोकीहाट पलासी फारबिसगंज और सिकटी प्रखंड के एक दर्जन से अधिक पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं पानी के दबाव के कारण फारबिसगंज के पिपरा में तटबंध टूटने से कई पंचायत बाढ़ की चपेट में आ गये हैं जाने माने पार्श्व गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का आज चेन्नई में निधन हो गया वे चौहत्तर वर्ष के थे श्री बालासुब्रमण्यम को इस महीने की पांच तारीख को कोविड उन्नीस से संक्रमित होने के बाद एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था जाने माने पार्श्व गायक बालासुब्रमण्यम ने सोलह भारतीय भाषाओं में चालीस हजार से अधिक गीत गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महान गायक संगीतकार एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन पर दुखरू व्यक्त किया है कुर्बान मैने प्यार किया दिलवाले दुलहनिया ले जायेंगे और कई मधुर गीत वाली फिल्मों की गीतों से एसपी बालासुब्रमण्यम लोगों के दिलों में हमेशा राज करते रहेंगे

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान संक्रमण के एक हजार छह सौ बत्तीस नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक दो सौ चौरानवे मामले पटना जिले में सामने आये हैं वहीं पूर्णिया से एक सौ चौतीस मुजफ्फरपुर से बहत्तर बांका से तिरसठ और रोहतास जिले से बासठ मामलों की पुष्टि हुई है अब तक एक लाख साठ हजार लोग स्वस्थ हो चुके है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या तेरह हजार छह सौ सतासी है देश में कोविड उन्नीस रोगियों के स्वस्थ होने की संख्या निरंतर बढ रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान इक्यासी हजार से अधिक रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही यह संख्या बढकर सैंतालीस लाख छप्पन हजार से अधिक हो गई है स्वस्थ होने की दर इक्यासी दशमलव सात चार प्रतिशत तक पहुंच गई है वहीं देश में अब तक अंठावन लाख अट्ठारह हजार से अधिक लोग इस महामारी से संक्रमित हुए हैं जबकि बानवे हजार दौ सौ नब्बे लोगों की मृत्य हुई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार सताईस सितम्बर को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन के यू ट्यूब चैनलों पर भी इसका प्रसारण सुना जा सकता है

मतदान अट्ठाईस अक्टूबर तीन नवम्बर और सात नवम्बर को तीन चरणों में कराये जाएंगे मतगणना दस नवम्बर को होगी राज्य में आदर्श आचार संहिता आज से लागू

गोपालगंज जिले के हथुआ में आज दो सौ सत्तर मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गयी

शिवहर में पिपराही प्रखंड में बागमती नदी का सुरक्षा तटबंध फिर टूटा